जदयू बिहार के बाहर एनडीए का हिस्सा नहीं होगा जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर महासचिव केसी त्यागी और आरसीपी सिंह समेत विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे इस अवसर पर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी झारखंड हरियाणा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी उन्होंने कहा कि जदयू झारखंड में सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए एकजुट है और भाजपा के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने एनडीए में किसी भी मतभेद की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि बिहार में जदयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है श्री त्यागी ने कहा कि राज्य में दो हजार बीस में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर विचार के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी की आज पटना में बैठक आयोजित की गई सदाकत आश्रम में बुलाई गई बैठक के दौरान जिलाध्यक्षों ने चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाते हुए पार्टी पर गठबंधन के तहत सही उम्मीदवार नहीं देने का भी आरोप लगाया बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी और चूनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का लाभ देने का संशोधित फैसला अधिसूचित कर दिया है इस फैसले से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ होगा चाहे उनकी जोत का आकार कृछ भी हो पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा है इधर इस योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले सवा लाख खातों से योजना की राशि वापस हो गयी है कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि योजना की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है ताकि वास्तविक किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके इस योजना में गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी आयकर विभाग को दी गयी है किसान सम्मान योजना की किश्तों का पैसा सीधे लाभार्थी किसान के खाते में ही भेजा जाएगा लेकिन इसक लिए बैंकों के बचत खाते और जन धन खाते ही मान्य होंगे सरकारी नौकरी और दस हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा बजट से पहले होने वाली परामर्श प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सिलसिले में ग्यारह जून से तेईस जून के बीच अर्थशास्त्रियों बैंक अधिकारियों वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंडलों से मुलाकात करेंगी सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी बीस जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अड़तालीस हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया है कि इसके लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही जारी कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पंचायतों में अपग्रेड किये गये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के उन्नीस हजार पद भी शामिल हैं राज्य के तीन हजार से अधिक हाई स्कूलों में एक जुलाई से उन्नयन योजना के तहत पढ़ाई होगी शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर के महाजन ने इस योजना को प्रारंभ करने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रदेश के तीन हजार एक सौ छह हाईस्कूलों में उन्नयन योजना के लिए प्रति स्कूल नब्बे हजार रुपये की राशि बारह जून तक निर्गत कर दी जाएगी इस योजना के तहत पचपन इंच के टीवी स्क्रीन पर ऑडियो विज़ुअल के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है प्रदेश में भीषण गर्मी से आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है गया आज पैंतालीस डिग्री अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तेज धूप के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है लोग गर्मी में प्यास बुझाने के लिए विभिन्न शीतल पेय का प्रयोग कर रहे हैं इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अठारह से बीस जून के बीच राज्य में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना जतायी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य तेज गति से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है श्री मोदी ने आज एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में चार हजार आठ सौ उनचास करोड़ रूपये का सीमेंट और तीन हजार तीन सौ अडसठ करोड़ रूपये का आयरन स्टील बाहर के राज्यों से बिकने के लिए आया उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष दो हजार सत्रह अठारह की तुलना में राजस्व संग्रह में छब्बीस दशमलव एक सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस अवधि में वाणिज्य कर विभाग का कुल राजस्व संग्रह पच्चीस हजार करोड़ से अधिक का रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दो हजार उन्नीस का मुख्य समारोह इस महीने की इक्कीस तारीख को रांची में आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समारोह की अगुवाई करेंगे

परिवहन विभाग ने इंजन बदलने के लिए छह कंपनियों को लाइसेंस जारी किया है इसके साथ ही इंजन बदलने का ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है पेट्रोल की खपत वाले इंजन से सीएनजी वाले इंजन में बदलाव से वाहनों पर तेल की खपत आधी हो जाएगी खगड़िया के दारोगा आशीष कुमार सिंह की हत्या में शामिल एक अभियूक्त को एसटीएफ की टीम ने भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक रंजीत मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपूर में घेराबंदी कर अशोक मंडल नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया बिहार मदरसा बोर्ड की कल से शुरू होने वाली फौकानिया मैट्रिक और मौलवी इंटर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी हैं बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक एजाज़ अहमद ने बताया है कि अब यह दोनों परीक्षाएं एक जुलाई से प्रारंभ होगी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से बाइस से पच्चीस जून के बीच डाउनलोड कर सकते हैं इस साल लगभग सवा लाख परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं खगड़िया जिले के पसराहा थाना के काजी चकला गांव और मरैया थाना क्षेत्र के बैसा गांव से पुलिस ने एक सौ कार्टन से अधिक विदेशी शराब बरामद की है वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के रमपुरवा मे एसएसबी के जवानों ने लगभग पच्चीस सौ बोतल विदेशी शराब बरामद की है इधर रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड से छप्पन किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के ख्रशहालपुर गांव के पास से पूलिस ने एक अपराधी को पिस्तौल और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले में बगहा नगर थाना क्षेत्र के छतरौल गांव के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सात सौ सत्ताईस पर वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किये गये दो वन तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने चार प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा है

पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में आयोजित बैठक में लिया गया फैसला